इस चरण में प्रदेश की मुरैना भिंड ग्वालियर गुना सागर विदिशा भोपाल और राजगढ़ में वोट डाले जायेंगे ग्वालियर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के लिए नामांकन का काम शुरू हो जायेगा

उत्तरप्रदेश के सुलतानपुर में एक चुनावी रैली के दौरान श्रीमती गांधी ने अपने भाषण के जरिये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था अपने आदेश में आयोग ने उनके बयानो के लिए उनकी कड़ी निंदा की और उनके आचरण के कारण उन्हें फटकार लगाई

उन्होंने भाजपा उम्मीदवार जयाप्रदा के विरूद्व आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं इससे पहले आयोग ने बसपा प्रमुख मायावती और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी रैलियों के दौरान चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कार्यवाही की

दमोह से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रतापसिंह लोधी ने कल अंपना नामांकन दाखिल किया इस सीट के लिए भाजपा से प्रहलाद पटेल पहले ही पर्चा दाखिल कर चुके हैं बसपा ने लोकगीत गायक जित्तू खरे को अपना उम्मीदवार घोषित किया है उन्होंने अभी तक अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है उधर रीवा में कल कांग्रेस प्रत्याशी सिद्दार्थ तिवारी भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा और बसपा प्रतयाशी विकास पटेल ने नामांकन दाखिल किया कार्यशाला लोकसभा चुनाव के दौरान ईव्हीएम और वीवीपैट के परिवहन के लिये जीपीएस वाहन ट्रैकिंग सिस्टम पर कल भोपाल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अभिजीत अग्रवाल ने कहा कि चुनाव की विश्वसनीयता को हर हाल में बनाये रखा जायेगा उन्होंने कहा कि जीपीएस से इस कार्य में काफी सहूलियत रहेगी श्री अग्रवाल ने बताया कि जीपीएस वाहन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर रीयल टाइम का डेटा दिखाता है यह वाहन के चलने रूकने और गति को भी दर्शाता है उन्होंने कहा कि एक गाड़ी में एक डिवाइस लगायी जाएगी जिलों में इसका कन्ट्रोल रूम भी बनाया जाएगा कार्यशाला में मतदाता जागरूकता को बढ़ाने वाले पोस्टर का विमोचन भी किया गया मोदी साक्षात्कार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार एनडीए देश के लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है दूरदर्शन समाचार को दिये विशेष साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि पांच साल तक लोगों की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान दिया गया और अगले पांच साल देश के लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने में लगाये जाएंगे प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि राजग सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने लघु और सीमांत किसानों की आमदनी में सुनिश्चित सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की श्री मोदी ने कहा कि भारत सभी के कल्याण के लिए प्रत्येक व्यक्ति के साथ मिलकर काम करने में विश्वास करता है

ऑनलाइन आवेदन से संबंधित आवश्यक सर्कलर और अभिलेखों की विस्तुत जानकारी मदरसा बोर्ड की अधिकृत बेवसाइट उचउइवतहपद और एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर मदरसा बोर्ड पेज पर उपलब्ध कराई गई है मदरसा बोर्ड के सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को सूचना भेजकर अवगत कराया है कि ऑनलाइन आवेदन करने की निर्धारित समय सीमा नहीं बढ़ाई जा सकेगी आईपीएल आईपीएल क्रिकेट में कल रात मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में मुंबई इंडियन्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर को पांच विकेट से हरा दिया

रॉयल चैलंजर्स बैंगलौर आठ मे से सात मैच हारकर तालिका में सबसे नीचे है आज किंग्स इलेवन पंजाब का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा

राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में सुबह से लेकर दोपहर तक जहां भीषण गरमी पड़ रही थी वहीं शाम होते होते आसमान में बादल छाये और बूंदाबादी के साथ ठण्डी हवाए चलने लगी शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कल आंधी के साथ बारिश हुई मौसम में आये इस बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है जिले में कई जगहों पर अभी भी गेहूं की पक चुकी फसले खड़ी है उधर रतलाम और आसपास के क्षेत्रों में धूलभरी हवाओं के साथ ब्रंदाबांदी भी हुई मौसम के इस बदलाव से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली नीमच में भी कल शाम ब्रंदाबांदी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई मौसम विभाग के इंदौर उज्जैन और चंबल संभागों में आज कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने और धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई है